नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज श्री गडकरी से मुलाकात की इस दौरान केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क और परिवहन सुविधाओं में विस्तार करने का आग्रह किया

केंद्रीय मंत्री ने रायगढ़ धरमजयगढ़ मार्ग अंबिकापुर भैंसामुड़ वाड़फनगर धनगांव बम्हनी रेनुकट बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ासरई मार्ग को भारतमाला योजना में शामिल करने की अनुमति भी दी है इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने रायपुर दुर्ग बायपास रायपुर विशाखापट्नम मार्ग और बिलासपुर उरगा मार्ग का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने की सहमति दी है बघेल विमानन मंत्री वहीं केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली हवाई सेवा से जोड़ने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय विमानन मंत्री से भी भेंट की चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री को श्री बघेल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बिलासपुर को दिल्ली मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के साथ हवाई सेवा से जोड़ने का आग्रह किया इस पर केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर से दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति दी साथ ही केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में कार्गो हब की सुविधा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को स्थल निरीक्षण कर जरूरी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है तोमर किसान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हुई चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं भारत सरकार नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है किसानों के प्रति समर्पित है

हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिन्द्रों को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया गया है आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो हम इस पर विचार करते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ध्ताव देने का भी प्रयत्न किया लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है इसके मायने यह नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है लेकिन किसान आंदोलन पर है पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसान संगठन सहित कई अन्य संगठनों के आव्हान पर किसान आंदोलन के समर्थन में कल छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक भागों में प्रदर्शन किए जाएंगे कई संगठनों ने इस दौरान चक्काजाम करने की चेतावनी दी है केंद्रीय मंत्री भिलाई केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि घरेलू बाजार को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार ने केंद्रीय बजट में कई प्रावधान किए हैं

एक अन्य सवाल के जवाब में श्री कुलस्ते ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जब सभी उद्योगों पर बुरा असर पड़ा था उस समय भी इस्पात के क्षेत्र में काम जारी रहा उन्होंने कहा कि कुछ घाटा जरूर हुआ लेकिन अब इस्पात क्षेत्र के कामकाज में काफी तेजी आई है

उच्चतम न्यायालय के कल हई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायाधीश श्री चंद्रवंशी वर्तमान में राज्य के विधि विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थ हैं वहीं न्यायमूर्ति श्री व्यास वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं एकलव्य विद्यालय राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए मंजूर किए गए नये सेटअप के अनुसार तीन हजार छह सौ बयानवे पदों पर भर्ती की जाएगी इन पदों को सीधी भर्ती पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति को माध्यम से भरा जाएगा यह निर्णय आज मंत्रालय में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय और आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया नये सेटअप के अनुसार स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों के साथ अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर भी भर्ती जिला स्तर पर समिति द्वारा की जाएगी साथ ही बैठक में राज्य में स्वीकृत उनतीस नये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में संचालित किए जाने का फैसला भी लिया गया कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण पूरे उत्साह के साथ जारी है प्रदेश में अब तक एक लाख इकतीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है कल प्रदेश में उनतीस हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका लगाया गया इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के तीन सौ तिहत्तर नये मामले मिले हैं वहीं कल तीन सौ सतयासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के करीब चार हजार तीन सौ सक्रिय मामले हैं खेल अकादमी रायपुर और बिलासपुर में हॉकी एथलेटिक्स और तीरंदाजी की राज्य स्तरीय आवासीय खेल अकादमी शुरू की जा रही है भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी में चौव्वन एथलेटिक्स में साठ और तीरंदाजी में छत्तीस खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा चयनित खिलाड़ियों को आवास और भोजन पढ़ाई का खर्च खेल परिधान खेल सामग्री और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी इस अकादमी में नौ से सत्रह वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा आरटीआई ई स्टाम्प सूचना का अधिकार अधिनियम दो हजार पांच के तहत जानकारी मांगने के लिए अब आवेदन शुल्क के रूप में ई स्टाम्प स्वीकार किया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार ने अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है इसके अनुसार अब आवेदक आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प या ई स्टाम्प दे सकते हैं हाईकोर्ट सहायक प्राध्यापक भर्ती छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पद की भर्ती पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में छह हफ्ते के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी एक याचिकाकर्ता ने बताया था कि एक उम्मीदवार ने गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी साथ ही सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी नहीं दी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सहायक प्राध्यापक की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाते हुए केवल एक पद पर भर्ती नहीं करने का आदेश दिया है अकबर समीक्षा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में वनोपजों की बिक्री के लिए एक आउटलेट का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे न केवल वनोपजों से निर्मित उत्पादों का प्रचार प्रसार होगा बल्कि इसकी बिक्री भी बढ़ेगी इस आउटलेट में प्रमुख रूप से मरवाही की सीताफल आईसक्रीम कटघोरा का जैविक चावल कवर्धा का ऑर्गेनिक गुड़ बलरामपुर का मुनगा पाउडर और बस्तर का काजू तथा इमली जैसे उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध है प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार और वनोपजों को बाजार देने के लिए इस तरह के आउटलेट विकसित किए जा रहे हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है वहीं एक द्रोणिका भी सक्रिय है इसके असर से राज्य का मौसम बदल सकता है इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के लिए न्यायिक जांच समिति गठित करने की मांग की है वहीं आज धमतरी में युवा पदाधिकारियों ने पीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन किया मोर्चा के राजनांदगांव जिले में मदनवाड़ा क्षेत्र स्थित कल्वर गांव में दो नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने डीआरजी के दो जवानों को निलंबित कर दिया है इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बिरगांव नगर पालिका निगम के प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया है प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पंद्रह फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आवेदक रायपुर स्थित जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र में आवेदन जमा कर सकते हैं विभाग की ओर से युवाओं को आवेदन जमा करने के नाम पर होने वाले ठगी से सावधान रहने की अपील की गई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा चौदह फरवरी को आयोजित की जाएगी इस परीक्षा के लिए रायपुर शहर में उनहत्तर केन्द्र बनाए गए हैं